मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रति वर्ष पहली जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष के डॉक्टर्स दिवस का विषय है कोविड महामारी की मृत्य दर कम करना जाने माने विकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विघान चंद्र राय की जयंती डॉक्टर दिवस के रूप में मनाई जाती है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमितशाह और सुचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को श्मकामनाए दी हैं उपराष्ट्रपति ने डॉ बिघान चन्द्र रॉय को श्रद्वाजलि अर्पित करते हए एक ट्वीट में कहा कि डॉ बी सी रॉय ने भारत में चिकित्सा क्षेत्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंकति में खड़े डाक्टरों की प्रशंसा करता है

उन्होंने कहा कि मॉ बच्चे को एक बार जन्म देती है लेकिन डॉक्टर कई बार जिंदगी देता है श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं और हम कभी भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक का कर्ततव्य है कि देश के लिए अपनी सेवाएं देने वालों का सम्मान करें गृहमंत्री ने डॉक्टरों को श्मकामनाए दी हैं एक टवीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि इस चनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सुरक्षित और स्वस्थ रखने की डॉक्टरों की प्रतिबद्वता वास्तव में असाधारण है और देश उनके समर्पण तथा बलिदान को सलाम करता है सुचना और प्रसारण मंत्री ने एक टवीट में कोविड नाइन्टीन महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिन रात अपनी सेवाए देने वाले डॉक्टरों की सराहना की है उन्होंने लोगों का जीवन बचाने में अमृत्य योगदान के लिए संपूर्ण स्वास्थ्यकर्मियों का आभार प्रकट किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में अस्सी करोड़ लोगों को अगले पांच महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की कल शाम राष्ट्र को सम्बोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि प्रवानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवम्बर तक विस्तार कर दिया गया है अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी लागू रहेगी

और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने एक किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा

देश में अब तक तीन लाख सैंतालीस हजार नौ सौ उन्यासी कोविड रोगी स्वस्थ हो गए हैं पिछले चौबीस घंटे में इस वायरस से तेरह हजार एक सौ सत्तावन रोगी ठीक हुए हैं स्वस्थ होने की दर लगभग उन्सठ दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में अटठारह हजार छः सौ तिरपन लोगों में कोविड की पृष्टि हई है अब देश में कोविड मरीजों की कृल संख्या पांच लाख अट्ठावन हजार चार सौ तिरान्नवे हो गई है एक दिन में पांच सौ सात लोगों की मृत्य के साथ मृतकों की क्ल संख्या सत्रह हजार चार सौ हो गई है दो लाख बीस हजार एक सौ चौदह मरीजों का इलाज चल रहा है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है मेदांता अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य विमाग में डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने सलाह दी है कि लोगों को अन्य बातों सहित पृस्तक पढने संगीत सुनने और व्यायाम करने जैसी आदतें बनानी चाहिए आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली ने सही सेनीटाईजर की पहचान के तरीकों के बारें में बताया सेनेटाइजर को हाथ पे लगाइरे हाथ पे मलिए अगर उस सेनेटाइजर में आपको ये आभास हो कि वाष्प बन के उड़ गया और मेरा हाथ सूख गया वह सेनेटाइजर तो है कामयाब और असली और अगर आपके हाथ में पानी जैसा आने लगे तो वह सेनेटाइजर है पानी मिला हुया और नकती

कोविड नाइन्टीन संक्रमण के खिलाफ अभियान में प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में क्ल पच्चीस हजार से अधिक लोगों की जांच हुई जबकि इस वर्ष पहली अप्रैल को सिर्फ तीन सौ तेईस लोगों की जांच की गई थी प्रदेश में कल एक दिन में छब्बीस हजार चार सौ नवासी टेस्ट किए गए जिनमें से पच्चीस हजार टेस्ट आरटीपीसीआर पद्वति से किये गये